कृषि मंत्री सचिन यादव होंगे शामिल

प्रदेश में भी गुरुद्वारों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया राष्ट्रपति ज्ञापन भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के प्रतिनिधिमंडल ने कल नईदिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द से मिलकर मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में मान्य प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने को अवैधानिक निर्वाचन करार दिए जाने के संबंध में ज्ञापन सौंपकर आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ नरोत्तम मिश्रा रामपाल सिंह राजेन्द्र श्क्ल जगदीश देवड़ा विजय शाह विश्वास सारंग संजय शाह शामिल थे नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति श्री कोविन्द से मिलकर विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव में गलत तरीके से अपनायी गयी प्रक्रिया से अवगत कराया राष्ट्रपति ने दोनों मामलों में संज्ञान लेने की बात कही है मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र बताते हए कहा कि संगठन की शक्ति के बल पर ही वे स्वयं इस मुकाम तक पहंचे हैं और मेरा बूथ सबसे मजबूत के मंत्र को सिद्ध कर लिया तो कुछ भी असंभव नही है श्री मोदी कल नई दिल्ली के रामलीला मैदान में भाजपा के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन अवसर पर देशभर से आये पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आम जनता का विश्वास हमारी ताकत है भाजपा सरकार ने यह साबित किया है कि देश में बिना भ्रष्टाचार के सरकार चलाई जा सकती है और कड़े फैंसले लिये जायें तो देश की जनता साथ देती है उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो देश को नई ऊॅचाइयों की ओर ले जा रही है कमलनाथ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि आज हमें समय के साथ अपने नजरिये सोच और कार्यशैली में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है नई पीढ़ी के सामने जो चुनौतियाँ है उनका नई सोच और समझ के साथ ही मुकाबला किया जा सकता है मुख्यमंत्री कल नई दिल्ली में नए मध्यप्रदेश भवन के आधारशिला समारोह को संबोधित कर रहे थे इस दौरान कहा कि नई दिल्ली में नया भवन बदलते समय की माँग है नया भवन जरूरतों के अनुरूप बनेगा और अन्य प्रदेशों के लिए नजीर होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि नया मध्यप्रदेश भवन आधुनिकता का प्रमाण होगा

भवन में यह भी ध्यान रखा जायेगा कि इसमें किसी भी प्रकार की रियायत या सब्सिडी किसी को नहीं दी जायेगी उन्होंने उम्मीद जताई कि भवन के संचालन और रखरखाव पर किसी भी प्रकार का कोई खर्चा सरकार पर बोझ नहीं होगा भवन रेवेन्यू न्यूट्रल के सिद्वांत पर होगा उन्होंने सबके समर्थन के साथ प्रदेश को विकास और नई दिशा देने का वायदा किया

इस दौरान अपर मुख्य सचिव आरएस जुलानिया प्रमुख सचिव प्रमोद अग्रवाल और विवेक अग्रवाल भी उनके साथ होंगे मुख्य सचिव श्री मोहन्ती अपने उज्जैन प्रवास के दौरान त्रिवेणी और रामघाट पर मकर संक्रान्ति की अवलोकन करेंगे श्री मोहन्ती बृहस्पति भवन में मकर संक्रान्ति की व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे इसर्स पहले कल प्रमुख सचिव संजय दुबे ने मकर संकान्ति पर होने वाले स्नान और जल प्रबंधन की समीक्षा की बैठक के बाद उन्होंने त्रिवेणी और रामघाट का निरीक्षण भी किया गौरतलब है कि शनिश्चरी अमावस्या पर श्रद्धालुओं को कीचड़युक्त पानी से स्नान करने पड़े थे जिस पर सख्ती दिखाते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उज्जैन कलेक्टर और उज्जैन संभागायुक्त को हटा दिया था ऐसे में प्रशासन मकर संक्रान्ति पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए माकूल इंतजाम में लगा हुआ है समिति गठन मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना अंतर्गत फसल ऋण माफी के के लिए जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है समिति में जिले के प्रभारी मंत्री अध्यक्ष एवं कलेक्टर उपाध्यक्ष रहेंगे उप संचालक किसान कल्याण तथा क्रषि विभाग संयोजक तथा लीड बैंक अधिकारी सहसंयोजक रहेंगे

उन्नतिशील कृषकों के लिए यह संवाद कृषि विश्व विद्यालय प्रांगण में आयोजित किया जायेगा श्री यादव कल देपालपुर विधानसभा क्षेत्र के पाला प्रभावित गाँवों का दौरा करेंगे उसके बाद कृषि उपज मंडी इंदौर का निरीक्षण कर एसोशिएशन्स से चर्चा करेंगे उसके बाद इंदौर संभाग के कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों की बैठक में योजनाओं की समीक्षा करेंगे गुरू गोविंद जयंती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सिखों के दसवें गुरू गुरू गोविन्दसिंह की तीन सौ इक्यानवीं जयंती के अवसर पर आज उनकी स्मृति में एक सिक्का जारी करेंगे यह आयोजन प्रधानमंत्री निवास पर होगा गौरतलब है कि पिछले वर्ष पांच जनवरी को प्रधानमंत्री ने गुरू गोविन्दसिंह की तीन सौ पचासवी जयंती पर एक डाक टिकट भी जारी की थी

गुरु गोविन्द सिंह की जयंती पर भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न गुरुद्वारों में सबद कीर्तन सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं लिटरेचर फेस्टिवल केन्द्रीय पर्यटन मंत्री केजे अलफोन्स ने कल भारत भवन में भोपाल लिटरेचर और आर्ट फेस्टिवल का शुभारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के पास अपनी कहानियां होती हैं जीवन के अलग अलग किस्से और अनुभव होते हैं साहित्य हमें ऐसे ही अनुभवों को साझा करने का अवसर देता है मध्यप्रदेश में पर्यटन की संभावनाओं पर उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश बहत ही सुन्दर और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हैं यहां पर्यटन को बढ़ाने की अपार संभावनायें हैं इस अवसर पर मध्यप्रदेश की संस्कृति मंत्री डाक्टर विजयलक्ष्मी साधौ भी मौजूद थीं तीन दिन तक चलने वाले इस फेस्टिवल के दौरान देश विदेश के जाने माने लेखक चिंतक और अलग अलग विधाओं के कलाकार भाग ले रहे हैं इस कार्यक्रम के बाद श्री अलफोन्स ने मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय का अवलोकन किया उन्होंने संग्रहालय में निर्मित दीर्घाओं में मध्यप्रदेश की जनजातीय जीवनशैली कलाबोध आदिवासियों की धार्मिक मान्यताओं पर आधारित देवलोक खेल और विभिन्न प्रकार के कलाशिल्पों का बारीकी से अवलोकन किया जीतू पटवारी राष्ट्रीय युवा दिवस पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने खेला इंडिया के युवा पदक विजेता खिलाड़ियों को तोहफा दिया है श्री पटवारी ने पुणे में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स मे प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है

विजेता खिलाड़ियो को बधाई और विभिन्न प्रतियोगिताओ में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए श्भकामनाएँ देते हुए श्री पटवारी ने कहा कि प्रदेश के युवा खिलाड़ियों की मेहनत को प्रोत्साहित करनाना सिर्फ परिवार का ही नहीं बल्कि प्रशासन का भी दायित्व है उन्होंने कहा कि युवाओं के सशक्तिकरण से ही देश सशक्त होगा कमलनाथ शिक्षक मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उनके विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले शिक्षक मुकेश तिवारी का निलंबन समाप्त करने के निर्देश जबलपुर कलेक्टर को दिये हैं उन्होंने कहा है कि शिक्षक के पद पर आने के लिए मेहनत और तपस्या लगती है सबसे महत्वपूर्ण है वह परिवार जो उन पर आश्रित है इसलिए मैं भावावेश में की गई टिप्पणी के लिए शिक्षक मुकेश तिवारी को माफ करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को है

एसएटीआई इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रागंण में आयोजित होने वाली इस रैली में तिथिवार जिलो के अभ्यर्थी शामिल होंगे

विद्युत बैठक विद्युत कम्पनियों की योजनाओं एवं कार्यप्रणाली की जानकारी देने के लिये विद्युत वितरण कम्पनी के प्रबंध संचालक विधायकों के साथ बैठक करेंगे

बैठक में विधायकों को राज्य में विद्युत वितरण कम्पनियों के नेटवर्क के साथ साथ फ्यूज ऑफ कॉल कॉल सेन्टर ऑनलाइन भुगतान कृषि पम्प योजना ग्रामीण एवं शहरी परियोजना तथा अन्य योजनाओं की जानकारी दी जायेगी बैठक में विद्युत वितरण प्रणाली और अंतिम छोर के उपभोक्ताओं तक बिजली पहुँचाने की तकनीक के बारे में भी बताया जायेगा

इस मौके पर न्यायाधीश सहित अधिवक्तागण मौजूद थे